आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत शांति को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्म सम्मान और संप्रभुता से समझौते की कीमत पर ऐसा हरगिज नही किया जाएगा श्री मोदी ने कहा कि बीसवीं शताब्दी में दो विश्व युद्धों में एक लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने शांति के लिए एक ऐसे युद्ध में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया जिससे उनका कोई वास्ता नही था उन्होंने कहा कि भारत की नजर कभी भी किसी की धरती पर नही रही प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भी भारत संयुक्त राष्ट्र की शांति सेनाओ में सैनिक भेजने के मामले में सबसे अधिक योगदान देने वाले देशों में से एक है हमारे बहादुर सैनिको ने नीला हेलमेट पहनकर प्ररे विश्व में शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है श्री मोदी ने कहा कि कल भारत के सवा सौ करोड़ देशवासियों ने दो हजार सौलह में किए गए सर्जिकल स्व्राइक की याद में पराक्रम पर्व मनाया आठ अक्टूबर को मनाए जाने वाले वायु सेना दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय वायु सेना इक्कीसवी शताब्दी की सबसे शक्तिशाली और साहसिक वायु सेनाओं में शामिल है प्रधानमंत्री ने वायु सेना में स्त्री पूरुष समानता सुनिश्चित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि अपने सभी विभाग महिलाओं के लिए खोल कर वायु सेना ने एक मिसाल कायम की है श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में सफलता की कहानी बन चुका है और सभी इस आंदोलन की चर्चा कर रहे है उन्होंने कहा कि इस बार महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा जो विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सम्मेलन है प्रधानमंत्री ने विशेष अवसरों पर लोगों से खादी और हथकरधा उत्पादों की खरीद के बारे में भी सोचने को कहा जिससे अनेक बुनकरों को लाभ होगा देशभर सहित अरुणाचल प्रदेश ने भी कल पराक्रम पर्व मनाया इस पर्व के उपलक्ष्य में भारतीय सेना द्वारा तवांग के संवेदनशील सीमांत नगरों में आयोजित दो दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम कल संपन्न हुई जागरुकता कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना द्वारा आयोजित विशेष अभियान पर लघु फिल्म दिखाई गई और स्थानीय लोगो के लिए हथियार एवं उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई

कार्यक्रम में सरकारी अधिकारियों सहित एक हजार से भी ज्यादा लोगो ने भाग लिया पांगिंग में कल स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया रैली में सरकारी अधिकारियो शिक्षकों छात्रों और आम नागरिकों सहित बड़ी संख्या में लोगो ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रतिभागियो को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त राजीव ताकुक ने लोगो से अपने दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व को अपनाने की सलाह दी पांगिंग लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जल आपूर्ति विभाग के कार्यकारिणी अभियंता सुबत पर्टिन ने अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की जानकारी देते हुए लोगों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विभाग एवं प्रशासन का सहयोग देने का आग्रह किया कृषि मंत्री डाँ मोहेश चाइ ने कहा कि लोहित जिले के स्कूलों में विषय शिक्षको की कमी को दूर करने के लिए जल्द ही पर्याप्त विषय शिक्षक नियुक्त किया जाएगा ये बात श्री चाइ ने हालही में वाक्रो के अनु शिक्षा सेवा ट्रस्ट में शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए आयोजित बीना घोष राँय पुरस्कार समारोह में कही उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री के दिशा निर्देश के तहत स्कूलो में समय पर पाठ्य पुस्तके पहुँचाने को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे है समारोह में कृषि मंत्री ने जल्द ही तेजू में इंजीनियरिंग काँलेज स्थापित करने की घोषणा भी की उन्होंने राज्य सरकार द्वारा केंसर और अन्य बीमारियो से जूझ रहे लोगों के लिए उठाए गए कल्याणकारी योजनाओ की जानकारी भी दी ईस्ट कामेंग जिला प्रशासन ने कल पांकोटी अंचल में सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया कार्यक्रम के दौरान प्रराने टंगस्टन बल्बों को बदलकर गांवों को सौ प्रतिशत एल ई डी कुशल गांवो में परिवर्तित कर दिया गया जिला प्रशासन ने एक सौ अड़तालीस एस टी प्रमाण पत्र और बयासी पी आर सी सहित चार ट्रेडिंग लाईसेंस जारी किया साथ ही एक सौ सतत्तर हलफनामें भी पंजीकृत किए वही जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बाईस नए राशन कार्डस् और उनहत्तर एल पी जी फाँर्म जारी करने के अलावा उज्जवला योजना के अंदर तिरपन निश्रल्क एल पी जी कनेक्षान वितरित किया कार्यक्रम में आई सी डी एस कृषि बागवानी कपड़ा एवं हथकरघा और पी एच ई विभागो ने भी लोगो को अपनी सेवाए उपलब्ध कराए राजधानी जिला प्रशासन ने आवारा जानवरों के खिलाफ अपना अतिक्रमण अभियान को जारी रखते हुए कल नाहरलगुन से बंदरदेवा तक अभियान चलाकर करीब छब्बीस जानवरों को अपने जब्त किया राजधानी जिला उपायुक्त प्रिंस धवन ने राजधानी क्षेत्र के लोगो से प्रशासन के साथ सहयोग करने और अपने पालतू जानवरों को सड़को पर खुला न छोड़ने का आग्रह किया है उन्होंने कहा कि जानवरो पर क्ररता की रोकथाम अधिनियम को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अतिक्रमण अभियान को आगे जारी रखेगा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 आज का अधिकतम तापमान इक्कतीस दशमलव सात डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान तेईस दशमलव नौ डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया